इनमें से एक बुज़र्ग महिला की मृत्य् पहले ही हो च्की है

जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से छ्ट्टी दे दी गई छ्ट्टी के बाद मरीजो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए कहा कि प्रशासन का निर्देशों का पालन कर ही इस गंभीर बीमारी से म्क्ति पाई जा सकती है

उस पर नियमों का उल्लघंन करने और कर्मचारियों को डराने धमकाने का आरोप है जिले में कल दो य्वकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है ये बेवजह मोटरसाईकल पर घ्म रहे थे

उमरिया और डिंडौरी जिले की सीमाओं को सील किया गया है

दल ने इंदौर संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के साथ ही जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक ली बैठक में अतिरिक्त सचिव ने लॉकडाउन के पालन किराना राशन दवाइयाँ और अन्य अत्यावश्यक वस्त्ओं की उपलब्धता और वितरण स्वास्थ्य सेवाएँ कोरोना से निपटने के लिये किये गये स्वास्थ्य प्रबंध सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रवासी मजदूरों के लिये की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी ली केन्द्रीय दल ने प्लिस नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष और विभिन्न जनसमस्याओं के निराकरण के लिये एआईसीटीएसएल में गठित हेल्पलाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में म्ख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राज्य में गरीबों और अन्सूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन स्निश्चित किया जाए उन्होने कहा कि गत वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं देखी गई हैं उन्हें दूर किया जाए श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में राज्य के करीब डेढ़ करोड़ निर्धन श्रमिक शामिल हैं गत वित्त वर्ष योजना पर कम राशि खर्च होना इस योजना के प्रति उपेक्षा और उदासीनता का प्रमाण है श्री चौहान ने कहा कि इस योजना की उपयोगिता और महत्व से अन्य राज्य भी प्रभावित ह्ए हैं गौरतलब है कि इस योजना के तहत म्ख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्य् पर अंत्येष्टि सहायता विभिन्न तरह की अपंगता पर अन्ग्रह सहायता और लघ् व्यवसाय के उन्नयन के लिए योजना में मदद दिए जाने का प्रावधान है गरीबों और वंचित वर्ग को जन्म से मृत्य् तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये यह योजना बनाई गई थी नवीन पदस्थापना राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल जारी आदेश में महेशचन्द्र चौधरी को कमिश्नर जबलपुर संभाग और रवीन्द्र क्मार मिश्रा को सचिव मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है

क्रोरोना वॉरियर्स रेलवे के इंदौर कोचिंग डिपो की दो महिला कर्मचारी करीब एक महीने से कोरोना वायरस में कारगर मास्क बना रही हैं

यह मास्क कोरोना महामारी से बचाव हेत् रेलवे कर्मचारियों को वितरित किये जा रहे है इस काम में नर्बदा बाई और रेखा गुर्जर का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने लोकडाउन में घर पर कार्य करते हुए ये मास्क बनाये इनके काम की सराहना करते हुए एसएसई राघवेन्द्र चौबे और सीनियर सीडीओ लेफ्टिनेंट प्रमोद मीना द्वारा दो फेस मास्क स्वयं तैयार करके दोनो महिला कर्मचारियों को भेजे गए हैं उधर सिवनी जिले में महिला आजीविका स्वयं सहायता समूहों द्वारा लॉकडाउन अवधि में अपने घरों से ही मास्क निर्माण कार्य किया जा रहा है

इसके साथ ही जनजागरूकता के लिए चित्र एवं नारों का दीवाल में लेखन का कार्य भी किया जा रहा है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है

कलेक्टर ने कहा है कि श्रमिकों को उनके ही गांव में कार्य उपलब्ध कराए जाएं

सांसद गणेश सिंह ने खेतों का अवलोकन कर सहायता दिलाने का भरोसा दिया है

प्लिस अधीक्षक ने पीड़ित को राशि वापस कराई